कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

इसके चलते राज्य में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश और एक दो स्थान पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है

इस बीच आज राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपदा प्रबंधन की टीमों को तूफान से संभावित असर वाले क्षेत्रों में तैनात किये जाने और स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिये हैं मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी जिला कलेक्टरो को चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए सतर्क रहर्न और सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए मुख्य सचिव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सीएमएचओ और सिविल डिफेंस अधिकारियों को मिलकर कंटनजेन्सी प्लान बनाने को कहा श्री आर्य ने कहा कि जरूरत पड़ने पर रेस्टोरेशन का काम तत्काल शुरू किया जाए और नागरिकों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने के लिए पुलिस नगरीय निकाय सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिविल डिफेंस के अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाए उधर डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश ओला ने जिले में अलर्ट जारी कर दिया है उन्होंने लोगों से घर में रहने की अपील की है इससे पहले कल जिले के सागवाडा और सीमलवाडा क्षेत्र में तेज हवा के बाद बारिश हुई इस दौरान बिजली गिरने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई

कल राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में और गिरावट दर्ज की गई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड संक्रमण लॉकडाउन और संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की इस दौरान श्री गहलोत ने कहा कि गांवों में कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उपचार की पुख्ता व्यवस्थाएं कर रही है

श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए अधिकारियों को एक कंट्रोल रूम स्थापित करने को भी कहा मुख्यमंत्री ने आने वाले समुद्री तूफान के मद्देनजर प्रदेशभर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रखने और बफर स्टॉक तैयार करने के निर्देश दिए साथ ही तूफान के कारण अस्पतालों को बिजली आपूर्ति में व्यवधान न हो इसके लिए जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से कोविड उपचार की औषधि टू डीजी की पहली खेप जारी करेंगे यह दवा रक्षा अनुसंधान औश्र विकास संगठन डीआरडीओ के संस्थान नामकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान इनमास ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेट्रीज के सहयोग से विकसित की है